कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी होने की संभावना है

दूसरी सूची में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ को मालवीय नगर और उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को झोटवाड़ा से फिर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है बस्सी से पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस में रहे अभिनेष महर्षि को भाजपा का दामन थामते ही रतनगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है दूदू से प्रेम चंद बैरवा तथा बगरू से कैलाश वर्मा पर फिर भरोसा किया गया है बांसवाडा से विधायक और राज्यमंत्री धनसिंह रावत को टिकट नहीं दिया गया है राजक्मार रिणवा और बाब्लाल वर्मा का टिकट भी काट दिया गया है प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का पहला रेन्डमाइजेशन कल संपन्न हुआ

विधानसभा चुनाव के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा के सभी नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार ने मॉब वॉइलेन्स और मॉब लिंचिंग के सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है पीड़ित व्यक्ति इस सम्बन्ध में संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने समूहों द्वारा हिंसा मॉब वॉइलेन्स और जनसमूहों द्वारा बिना किसी कानूनी कार्यवाही के गैर कानूनी रूप से व्यक्ति को मौत के घाट उतार देने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद इस तरह की घटनाओं को गंम्भीर अपराध मानते हुए यह निर्णय लिया है

उन्होंने नई दिल्ली में कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सीबीडीटी मंडप का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी

कल नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक दोनों सदनों में पारित कराये जायेंगे

बाघ को एनंक्लोजर में रखकर मॉनिटरिंग की जा रही है